इन खेलों का आयोजन भुवनेश्वर और कटक में एक मार्च तक किया जाएगा जिसमें देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा

निरोगी राजस्थान अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को स्कूलों के पाठयक्रम में शामिल किया जायेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में इस अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि पहली बार किर्सी राज्य सरकार ने प्रिवेंटिव हैल्थ का इतना बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है जो लोगों को फिट रहने और उचित उपचार के लिए प्रेरित करेगा उन्होंने इसके लिए जल्द ही एक हैल्पलाइन शुरू करने को भी कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों का डिजिटल हैल्थ सर्वे करवाएगी श्री गहलोत ने बैठक में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिये सभी प्रक्रियाएं पूरी कर सितम्बर से पहले इनका निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिये केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार उद्यमों की हरसंभव मदद करने के लिए तैयार है श्री ठाकुर ने कल उदयपुर में व्यापारिक और औद्योगिक उपकमों से जुडे प्रतिनिधियों से संवाद किया इस दौरान उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हर वर्ग के विकास को लेकर अपना एजेन्डा तय किया है सरकार ने बजट में आम आदमी और कॉर्पोरेट के लिए टेक्स में कटौती की है केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कल बाडमेर जिले के धनाऊ क्षेत्र का दौरा किया श्री चौधरी ने इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर लोगों से संवाद किया उन्होंने केन्द्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि उत्तरलाई में हवाई अड्डे की मंजूरी मिलने के बाद अब मुम्बई और अहमदाबाद के लिए रैल सेवा शुरू करने के प्रयास किये जायेंगे और अब खबरें एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की केन्द्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत विभिन्न राज्य एक दूसरे की कला संस्कृति से रूबरू हो रहे है राजस्थान का पार्टनर राज्य असम को बनाया गया है आज हम आपको बताने जा रहे है असम की कला हस्तशिल्प और परिधान के बारे में वैसे तो असम अपने प्राकृतिक सौन्दर्य संस्कृति और लोक परम्पराओं के लिए काफी मशहूर है वहीं इसकी कला और हस्तशिल्प भी बेहद समुद्ध है यहां पारम्परिक शिल्प जैसे मिट़टी के बर्तन टैराकोटा का काम पीतल शिल्प आभूषण संगीत वाद्य यंत्र बेंत और बांस शिल्प रेशम और कपास की बुनाई प्रमुख हैं यह हस्तशिल्प यहां के लोगों के लिए रोजगार का प्रमुख स्त्रोत है हथकरघा उद्योग में बुनाई का काम यहां की महिलाओं में सर्वाधिक प्रचलित है अगर बात यहां के परिधान की करें तो पुरूष सुरिया या धोती और महिलाएं मोटी मोटी मेखला चादोर या रिहा मेखला पहनती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में कल लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किये हैं

कई जगह बादल छाने और ठण्डी हवाएं चलने से सर्दी का असर बढ गया है अलवर जिले में बारिश और ओले गिरने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है राजधानी जयपुर में भी कल शाम से ठण्डी हवाएं चल रही है हनुमानगढ से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल रात जिले के सांगरिया नोहर और टिब्बी क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की बारिश हई इससे जिले में फसलों को फायदा मिलेगा